प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है अटठारह फरवरी को बजट पेश किया जायेगा

अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रही है राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना में सत्रह लाख से अधिक आवास बनाकर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है वहीं राज्य सरकार उज्जवला योजना अटल पेंशन योजना सौभाग्य योजना शौचालय आवास जैसी विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश ने छियासी हजार सात सौ करोड़ रूपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है श्रीमती पटेल ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के मकसद से महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है उन्होंने कहा कि जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप मोबाइल एप बनाया गया है जिसमें अट्ठाइस सेवाओं का समावेश किया गया है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया इन सदस्यों ने प्रदेश में क़ानून व्यवस्था और किसानों की दयनीय स्थिति बेरोजगारी नागरिकता संशोधन क़ानून और अन्य मुद्दों को लेकर भारी शोर शराबा किया और नारेबाजी की बाद में आज के लिए निर्धारित कार्यवाही को पूरा करने के बाद सदन को कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया बजट सत्र से पूर्व कल सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार प्रदेश की सुरक्षा से लेकर यूवा महिलाओं एवं व्यापारियों से जुड हर मुद्दों पर सार्थक चर्चा और उसके समाधान के लिए तैयार हैं उन्होंने कहा कि सदन महत्वपूण विषयों पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराता है और इसमें गंभीर चर्चा से सदस्यों की गरिमा बढ़ेगी और लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था भी उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें

न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं राजनीतिक दलों को फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया तथा एक स्थानीय भाषा और एक राष्ट्रीय अखबार में भी यह ब्यौरा प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आपसी संवाद ज़रूरी है लखनऊ में आज भारत नेपाल द्विपक्षीय संवाद कार्यकम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत दोनों देशों के लोगों का आपस में जोड़ती है उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस साझी विरासत को बनाये रखते हुए इसे मज़बूती के साथ आगे लेकर जायें श्री योगी ने कहा कि नेपाल हाइड्रो पॉवर सोलर एनर्जी उत्पादन और पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन सकता है इसके लिए सभी बाधाओं को दूर करते हुए हर स्तर पर संवाद कायम कर समाधान के लिए रास्ता निकालना होगा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

शीर्ष न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए विनय शर्मा की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने अपनी दया याचिका खारिज किये जाने संबंधी सिफारिशों के बारे में जानने का अनुरोध किया था याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति आर भानुमति न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने आज कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल और गृहमंत्री ने उसकी दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी विनय शर्मा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी थी न्यायालय ने इसी मामले में चारों दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी न्यायमूर्ति आर भानुमति अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना की पीठ ने दोषियों को कल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद के पास एक बस की ट्रक से टक्कर में तेरह लोगों की मृत्यु हो गई और इक्तीस अन्य लोग घायल हो गये ह घायलों को सैफई मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने हमारे संवाददाता को बताया कि यह दुर्घटना कल रात दस बजे फिरोजाबाद जिले में नगला खांगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई यह बस दिल्ली से बिहार जा रही थी मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को घायलों की हरसंभव मदद करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है आज विश्व रेडियो दिवस है रेडियो आम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ा है और दुनिया के सभी भागों के लोगों को जाड़ता है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीटर पर श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और अब लोग फोन पर भी रेडियो सुन सकते हैं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि देश के अनेक भागों में अब भी लोग सूचना के बुनियादी स्रोत के रूप में रेडियो पर निर्भर हैं उन्होंन आकाशवाणी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया है उन्नीस सौ छत्तीस में ऑल इंडिया रेडियो की शुरूआत के बाद से आकाशवाणी का कई गुना विस्तार हुआ है

राजधानी लखनऊ के ज़िला सत्र न्यायालय में आज सुबह सीजेएम कोर्ट में बम से हमला किये जाने का मामला सामने आया है इस हमले में कुछ वक़ील घायल हुए हैं घटना स्थल पर पहुची पुलिस ने मौके से तीन जिंदा बम बरामद किये हैं पुलिस के अनुसार ज़िला सत्र न्यायालय में कुछ अज्ञात बदमाशों ने बार एसासिएशन के पदाधिकारियों पर बम से हमला किया इस घटना के बाद ज़िला सत्र न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है भारतीय रेलवे का आईआरसीटीसी आम जनता के लिए शीघ्र ही तीसरी कॉपोरेट ट्रेन शुरू करने जा रहा है काशी महाकाल एक्सप्रेस नाम से चलने वाली यह ट्रेन वाराणसी और इन्दौर के बीच चलेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि इस ट्रेन का उद्घाटन सोलह फरवरी को वाराणसी में किया जायेगा यह ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंग इन्दौर में ओंकारेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ने के साथ साथ इन्दौर और भोपाल के औद्योगिक और शैक्षिक केन्द्र से जोड़ेगी यह ट्रेन वाराणसी और इन्दौर के बीच सप्ताह में तीन दिन संचालित की जायेगी

इसमें किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान है नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जायेगा इससे देशभर में जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा बाइट किसान को एक दूसरी जरूरत होती है कि कीटनाशक कैसा है इसकी सभी जानकारी मिलनी चाहिए पर डीलर के पास विक्रेता से ही उसको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी कि इसमें रिस्क क्या है इसमें अल्टर्नेटिव क्या है इसका उपयोग क्या है उसकी भी व्यवस्था बिल में है इसमे ऑर्गेनिक खाद है और ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है उसको भी प्रोत्साहन दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने कदियों के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है याचिका में कहा गया है कि ये अधिकार कानून के अंतर्गत आता है और इसे छीना नहीं जा सकता न्यायमूर्ति डी एन पटेल और सी हरिशंकर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वोट डालना न तो मौलिक अधिकार है और न ही कोई सामान्य कानून है बल्कि ये केवल एक साधारण नियम के तहत आता है